मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा प्रदेश में शांतिपूर्ण रहा मतदान कहीं से भी हिंसा या ब्रथ कैप्चरिंग की खबर नहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन को बधाई दी

चुनाव डयूटी के दौरान तीन मतदानकर्मियों का निधन

मतदान प्रदेश में आज दो सौ तीस विधानसभा सीटों पर वोट डाले गये पूरे प्रदेश में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हआ इसी के साथ दो हजार आठ सौ निन्यानवे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने बताया कि मतदान के दौरान कहीं से भी हिंसा की कोई खंबर नहीं मिली साथ ही राज्य में बूथ कैप्चरिंग की भी कोई घटना सामने नहीं आई है उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के समय शाम पांच बजे तक जो मतदाता मतदान केंद्रों पर पहंच गये थे उन्हें वोट डालने का मौका दिया गया

मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी एल काताराव ने बताया कि प्रदेश में निर्वाचन के दौरान औसतन एक प्रतिशत ईवीएम और ढाई प्रतिशत वीवीपैट मशीनों में गडबडी की शिकायतें आई हैं जो दूसरे राज्यों में मतदान के दौरान मशीनों में गड़बड़ी के औसत मामलों से कम है उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में आठ सौ तिरासी बैलेट यूनिट और आठ सौ इक्यासी कंट्रोल यूनिट बदले गये वहीं दो हजार एक सौ छब्बीस वीवीपैट बदली गईं

लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान को लेकर हमने विभिन्न जिलों में अपने संवाददाताओं से जानकारी हासिल की

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब टि्वटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं मतदान बधाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव लगभग शांतिपूर्ण संपन्न होने पर प्रदेश के मतदाताओं चनाव आयोग और पुलिस प्रशासन को बधाई दी है मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह मतदाताओं ने मतदान के लिए उत्साह दिखाया और लोकतंत्र में जागरुकता का परिचय दिया उससे भारतीय लोकतंत्र समृद्ध हुआ है उन्होंने कहा कि मतदान का कम जिस तरह सुबह से शुरू हआ और मतदान समाप्ति तक लंबी लाइनों में लगकर मतदाताओं ने अपनी बारी का इतजार किया उससे ये बात स्पष्ट होती है कि अपने अधिकारों के प्रति जहां हर वर्ग में उत्सुकता जागी है वहीं कर्तव्यों के प्रति भी जागरुकता आई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने भी प्रदेश की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण और भारी मतदान के लिए बधाई दी है ईवीएम गड़बड़ी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ईवीएम खराब होने पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए आरोप लगाया है कि ईवीएम खराब और बंद होने से मतदान प्रभावित हुआ है मतदान खत्म होने के बाद श्री नाथ ने एक प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि हर जिले से ईवीएम खराबी की शिकायतें मिली हैं उन्होंने कहा कि जिन केन्द्रों पर ईवीएम की खराबी से मतदान तीन घण्टे से अधिक रुका रहा वहां पर पुनर्मतदान कराया जाये नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी निर्वाचन आयोग से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लेने की मांग की है

जिनमें सत्रह हजार बुथों को संवेदनशील माना गया था शान्तिपूर्ण निर्वाचन के लिए राज्य पूलिस होमगार्ड के अलावा केन्द्रीय सुरक्षा बलों की छह सौ पचास कंपनियों संहित करीब एक लाख अर्स्सी हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किये गये थे संवेदनशील केन्द्रों पर न केवल सीसीटीवी कैमरों द्वारा भी नजर रखी गई बल्कि छह हजार से ज्यादा मतदान केन्द्रों पर वैबकास्टिंग की गई बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित तीन विधानसभा क्षेत्रों परसवाडा लांजी और बैहर में दोपहर तीन बजे तक वोट डाले गये निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार बैहर में अठहत्तर दशमलव शुन्य पांच लांजी में उन्यासी दशमलव शुन्य सात और परसवाडा में अस्सी दशमलव शन्य पांच प्रतिशत मतदान हआ

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब टिवटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन कर इन समाचारों को पढ़ भी सकते हैं भाजपा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा है कि कमलनाथ ने मतदान केन्द्र में हाथ का पंजा दिखाकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है भाजपा के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ अकील के खिलाफ भी च्नाव आयोग में शिकायत की है भाजपा ने आरोप लगाया है कि आरिफ अकील और उनके समर्थकों ने मतदाताओं को अपने वाहन से मतदानस्थल तक पहुंचाया जो आचार संहिता का उल्लंघन है भाजपा ने कमलनाथ और आरिफ अकील दोनो के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है

सुबह अचानक अस्वस्थ हो जाने पर उन्हे एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया वहीं गुना और धार में भी एक एक कर्मचारी का निधन हो गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इन कर्मचारियों के निधन पर दुःख व्यक्त करते हुए आयोग की तरफ से पीड़ित परिवारों को दस दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कर्मचारियों के निधन पर द्ःख जताया है हॉकी ओड़ीसा के भुवनेश्वर में खेले जा रहे हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ़्रीका से है पूल मुकाबलों में भारतीय टीम को पूल सी में रखा गया है आज उसका पहला मैच है हॉकी विश्वकप का कल औपचारिक उदघाटन किया गया था जिसमें भारतीय सिनेमा जगत की प्रसिद्व हस्तियां शामिल हई थीं इस बार भारतीय टीम का लक्ष्य खिताब को हासिल करने का है